सूत्रों के अनुसार दुनिया भर से एक करोड़ श्रद्वाल प्रयागराज पहंच चुके हैं अनुमान है कि इस अवसर पर तीन करोड़ से अधिक लोग स्नान करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि शाही स्नान से पहले आज सवेरे लगभग साठ लाख से अधिक लोगों ने डुबकी लगाई प्रयागराज से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट कल के मौनी अमावस्या के शाही स्नान को देखते हए मेडिकल सेवाओं को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है

ताली स्नान घाटों और संगम पर किसी भी आपातस्थिति से निपटने के लिए चार रिवर एम्ब्लेंस तैयार है वहीं एक एयर एम्बुलेंस को भी अलर्ट पर रखा गया है

धर्मेन्द्र क्मार राय आकाशवाणी समाचार क्म मेला सिटी प्रयागराज

भारत के मन की बात मोदी के साथ नाम के इस अभियान का शुभारम्भ पार्टी अध्यक्ष अभित शाह और वरिष्ठ पार्टी नेता तथा गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में किया इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि विश्व में अपनी तरह का यह पहला अभियान होगा

पार्टी अव्यक्ष अमित शाह ने कहा कि यह भाजपा का नहीं बल्कि नये भारत के निर्माण का अभियान है प्रधानमंत्री ने समी र्स कहा है कि वे भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान में भाग लें श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा है कि सहभागी लोकतंत्र भाजपा के लिए भरोसे का मुद्दा है उन्होंने कहा कि जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए लोगों के सुझावों से पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र की रूपरेखा तैयार की जायेगी

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कृमार चौवे ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालन समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी सरकार ने वर्ष दो हजार बाईस तक ऐसे डेढ़ लाख केन्द्र स्थापित करने का लल्य निर्धारित किया है श्री चौबे ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्यों को उनकी चिकित्सा प्रणाली में सुधार करने में महत्वपूर्ण सहयोग देता है

इस बजट से किसान मजदूर सरकारी कर्मचारी और आम आदमी समी खुश हैं केन्द्रीय मंत्री आज गोरखपुर में नवीन आयकर भवन के शिलान्यास के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस बजट से नकारात्मक राजनीति को विराम मिला है और केन्द्र सरकार पर लोगों को विश्वास बढ़ा है

केन्द्र और प्रदेश की सरकारें इस दिशा में जोर शोर से कार्य कर रही हैं श्रम मंत्री कल लखनऊ में आयोजित निर्माण श्रमिकों के पंजीयन और हितलाम वितरण शिविर को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि श्रमिक समाज के अन्तिम पायदान पर हैं जबकि उनका राष्ट्र निर्माण में सर्वाधिक योगदान है इसे देखते हुये ही केन्द्र और प्रदेश की सरकार श्रमिकों के लिये रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है उन्होंने श्रमिकों से अपील की कि वह श्रम विभाग की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिये अपना पंजीयन जरूर करायें

उनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा प्रधानमंत्री की अव्यक्षता वाली समिति ने उनकी नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है श्री शुक्ल मध्यप्रदेश में पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं

इसमे भौतिक और रसायन विज्ञान इंजीनियरिंग गणित कृषि विज्ञान जीव विज्ञान और फार्मेसी सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में नामांकित छात्र और शोधकर्ता शामिल हैं फेलोशिप में बढ़ोतरी से साठ हजार से अधिक शोधकर्ताओं को सीधे लाम होगा इससे राज्यों को भी अपनी फेलोशिप की राशि बढ़ाने का आधार मिलेगा